मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को प्रदेश में अवैध आप्रवासियों के घूसने की संभावना को रोकने के लिए सभी एंट्री पोईंट में पर्याप्त अर्ध सैनिक बल तैनात करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अरुणाचल सीमा सहित राज्य के सभी प्रवेश बिंदुओं मे अतिरिक्त निगरानी और चौखसी बरतने की आवश्यकता है लोकसभा ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह पारित कर दिया है यह विधेयक इस साल इक्कीस अप्रैल को जारी आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में दुष्कर्म के अपराधियों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है और विशेष रुप से बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्यु दंड तय किया गया है बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म की सजा के रुप में कम से कम बीस वर्ष की जेल का प्रावधान है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा तक भी हो सकता है बारह साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा हो सकती है विधेयक के अनुसार सोलह साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में दस से बीस साल तक की न्यूनतम सजा हो सकती है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है सोलह साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक द्वष्कर्म के दोषियों को अनिवार्य रुप से उम्र कैद की सजा होगी इस मामले में त्वरित जांच और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच की समय सीमा तय की गई है जो अनिवार्य रुप से दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी दुष्कर्म के सभी मामलों की अदालती सुनवाई दो महीने में पूरी करने का प्रावधान रखा गया है विधेयक में कहा गया है कि दुष्कर्म के मामलों में दायर अपीलों को निपटाने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई है यह भी प्रावधान किया गया है कि सोलह साल से कम उम्र की लड़की के साथ द्रष्कर्म या सामूहिक द्रष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत नही मिलेगी सोलह साल से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में जमानत की अर्जियों पर फैसला करने से पहले अदालत को लोक अभियोजक और पीड़िता के प्रतिनिधि को पंद्रह दिन का नोटिस देना होगा विधेयक में यह भी प्रावधान है कि दुष्कर्म मामलों की अदालती सुनवई महिला जज की अध्यक्षता में होगी और महिला पुलिस अधिकारी ही बयान दर्ज करेगी केंद्र सरकार भीड़ की हिंसा के खिलाफ जल्दी ही विधेयक लाएगी इसके तहत मृत्युदंड का प्रस्ताव है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कल महाराष्ट्र के यवतमाल में नाथजोगी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि प्रस्तावित विधेयक बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड की सजा के अनुरुप होगा उन्होंने बताया कि भीड़ की हिंसा बर्बर अपराध है और किसी भी सभ्य समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान अपनी पहली शैक्षणिक सत्र कल से आरंभ करेगी रिपोर्ट के अनुसार संस्थान में कुल पचास एम बी बी एस की सींटे है जिनमें से आठ सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर आरक्षित है दो गैर प्रवासी भारतीयों के लिए और एक सीट ट्रीम्स फैकल्टी के लिए आरक्षित है जबकि बाकी उनचालीस सीटे राज्य कोटा के तहत आरक्षित रखा गया है तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है इस संबंध में आज ट्रीम्स सोसायटी की प्रबंधक निकायों की तीसरी बैठक आयोजित हुई

श्री खांडू ने राज्य सरकार द्वारा तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान के विकास एवं कार्य प्रणाली में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया उन्होंने ट्रीम्स के सदस्यों से भविष्य में किसी भी प्रकार की मुश्किलों से बचने के लिए सभी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का पालन करने और कोई भी कमी नहीं रखने का आग्रह किया

इस बीच ट्रीम्स के निदेशक डॉ मोजी जीनी ने बताया कि संस्थान के पहले बैच के एम बी बी एस छात्रों के लिए कल मुख्य मंत्री उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ जयश्री मेहता की उपस्थिति में प्रेरण समारोह आयोजित होगी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अक्षरायण नाम से एक नया सॉप्टवेयर शुरु किया है जिसकी मदद से स्कैन किये गये दस्तावेजों का आलेख संपादित किया जा सकता है इस सॉप्टवेयर को मंत्रालय की वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है ई अक्षरायण डेस्कटॉप है जो भारतीय भाषा में स्कैन की गई सामग्री को प्ररी तरह से संपादन योग्य फॉरमेट यूनिकोड में बदल सकता है

ये भाषाएं है हिंदी बांग्ला मलयालम गुरमुखी तमिल कन्नड़ और असमी